जयराम ठाकुर ने बताया कि राज्य आबकारी व काराधान विभाग ने राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए प्रमुख केंद्र क्षेत्रों की पहचान की है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संकमण के मामलों में वृद्धि जारी है

चंबा और कांगड़ा में चार चार मंडी में तीन सोलन में दो जबकि किन्नौर में एक नया मामला सामने आया है

टीकाकरण केन्द्र केन्द्र सरकार ने सरकारी और निजी दोनों कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रहेंगे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग टीके लगवा सकें घोषणा पत्र मंडी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है भाजपा के घोषणा पत्र को आज मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जारी किया इस घोषणा पत्र में शहर के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने की बात कही गई है इसके अलावा आधुनिक बायो डस्टबीन वर्षा जल संग्रहण पर्यटन सहायता केंद्र पार्क व सीवरेज व्यवस्था में सुधार सहित कई अन्य घोषणाएं की गई हैं

घोषणा पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम से बाहर करने पार्किंग आधुनिक पुस्तकाल्य ऑडीटोरियम पार्क सहित स्वरोजगार की दिशा में प्रयास करने पर जोर दिया है भाजपा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज नगर निगम मंडी में पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी विकास नहीं करती और केवल विकास के नाम पर राजनीति करती है उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है जबकि भाजपा कार्यकाल में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है निधन भाजपा नेता व पूर्व मंत्री मोहन लाल का आज जालंधर के एक अस्पताल में निधन हो गया वे चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र से संबंधित थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल वीरभद्र सिंह और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने मोहन लाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है उनका अंतिम संस्कार कल राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा

इस हादसे में करीब एक दर्जन परिवार प्रभावित हुए हैं और करोड़ों रूपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को जल्द राहत प्रदान करने और उनके पुर्नवास के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी

उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में कोविड के मामले फिर से बढ़ना शुरू हए हैं जो चिंता का विषय है उन्होंने कहा कि घाटी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविड नियमों का विशेष रूप से पालन करने की जरूरत हैं

इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह ने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था इसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समुद्धि की कामना करते हैं इस अवसर प्रदेश के गिरिजाघरों में आज विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया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 नमस्कार